प्रधानमंत्री एकता दिवस परेड में भाग लेंगे

जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि जेएलएन मार्ग पर स्थित शिक्षा संकृल से गांधी सर्किल तक रन फॉर यूनिटी होगा उन्होंने बताया कि इससे पहले लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई जाएगी उत्तर पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा भी जयपुर में जवाहर सर्किल पर एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा इस दौड़ में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश सहित रेलवे अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे प्रदेश के अन्य जिलों में भी रन फॉर यूनिटी और एकता की शपथ के कार्यक्रम होंगे

केन्द्र सरकार सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू करेगी यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा भारत को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए दिया जायेगा

अधिसुचना जारी होने पर जम्म कश्मीर और लद्दाख केन्द्र शासित क्षेत्र बन जाएगे जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र में विधानसभा भी होगी लेकिन लद्दाख कोन्द्र शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं होगी इन दोनों कोन्द्र शासित क्षेत्रों की कानून और व्यवस्था केन्द्र सरकार के पास होगी

गृह मंत्रालय द्वारा कल अधिसूचना जारी होने के बाद ये दोनों केन्द्र शासित क्षेत्र अस्तित्व में आ जाएंगे

इस अवसर पर उपस्थित जनसामान्य और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधीजी के विचारों के साथ देश के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया

उन्होंने कहा कि जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है और सभी निकाय चूनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहत बेहतर रहेगा इससे पहले श्री पायलट निकाय चुनाव में किसी अन्य दल के साथ गठजोड़ को यह कहते हुए खारिज कर चुके हैं कि जब भी स्थानीय चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अकेले चुनाव लड़ती है भाजपा भी निकाय चुनाव में एकला चलो की नीति अपना रही है

उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के बारे में जल्द ही फैसला करेगी

राजसमंद में आज आमेट और नाथद्वारा नगरपालिका में होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर को लेकर आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर जानकारी दी

शिकायत के सत्यापन के बाद कोटा बयूरो के दल ने आज दलाल लक्ष्मण धाकड़ को बिजौलिया में चार लाख रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया वहीं आरोपी अभियंता को उसके भीलवाड़ा स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया

मेले में भाग लेने के लिए पश्पालक अपने पश्ओं के साथ आ रहे है पश्पालन विभाग ने पश्ओं और पश्पालकों की सुविधा के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं